राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक नताओं ने व्यक्त किया गहरा शोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के प्रधानमंत्रो रानिल विक्रमसिंघे से वार्ता की इसस पहले आज विदेशमंत्री सुषमा स्वराज और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की श्रीमती स्वराज और श्री विक्रमसिंघे ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के बारे में विचार विमर्श किया और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की एक ट्वीट में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि श्री विक्रमसिंघे के साथ उनकी बातचीत बड़ी उपयोगी रही उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच सुरक्षा और आतंकवाद के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई पंजाब के अमृतसर में कल शाम हुई भीषण रेल दुर्घटना के पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने दुर्घटना की जांच जालंधर के डिवीजनल मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिये है इस हादसे में उनसठ लोंगों की मृत्यु की पुष्टि की गयी है और सत्तावन लोगों के घायल होने की खबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक नेताओं ने रेल दुर्घटना में लोंगो की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है श्री योगी ने दुर्घटना में मारे गये लोगों की आत्मा की शांति की कामना करत हुए शोक संतृप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट संबंधी को पांच पाच लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है वहीं रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने अमृतसर में कल हुई रेल दुर्घटना के लिए दशहरा आयोजकों को दोषी ठहराया है श्री सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया

भारत सरकार की और भी जो हमारी टीमें है वह इस काम में लगी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि कोई राजनीति करने का विषय नही है जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना हैं केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि स्मार्ट शहर परियोजना पर अमल करते समय परियोजनाओं को जरूरत के अनुसार लचीला बनाया जा सकता है

अरूणाचल प्रदेश में पासी घाट और ईटानगर स्मार्ट सिटी के एक सौ शहरों की सूची में शामिल हैं

आवास और शहरी कार्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र के मुख्य कार्यक्रमों के अमल पर संतोष व्यक्त किया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

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में एक बैठक आयोजित की गई

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि वे केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यो की जानकारी जनता तक पहुंचाने का कार्य भी कर बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने भी चुनाव की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न अभियानों के लिए दिशा निदेश दिये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से लखनऊ लाया गया विधान भवन में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक बिहार के राज्यपाल लालजी टण्डन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमूख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित ने पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी एक लोकप्रिय नेता थे सभी दल के नेता उनका सम्मान करते थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास में उनके द्वारा किये गये योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है सपा के संयोजक मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वर्गीय नारायण दत्त के पार्थिव शरीर पर श्रद्वासुमन अर्पित किये उनके निधन पर आज और कल दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है प्रदेश भर में आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभाएं आयोजित की गयीं सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित शोक सभा में सांसद ड्रमरियागंज जगदम्बिकापाल ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी जी के निधन से राजनीतिक क्षेत्र को अपूरणोय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की सकती है उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की थी उधर मऊ ज़िले में कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की गई प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा न कहा है कि पूरे प्रदेश को चौबीस घंटे बिजली देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि बिजली मिलने से किसानों को काफी राहत मिल रही है और फसल की पैदावार भी बढ़ रही है ऊर्जामंत्री ने आज मथुरा के गोवर्धन में छह करोड़ तिहत्तर लाख रूपये की लागत से बनने वाले दो बिजलीघरों की नींव रखी बिजलीघर के लिए सकरवा और राधाकुंड में जमीन का भूमि पूजन किया गया इन बिजलीघरों से दो दर्जन गांवों की आबादी को बिजली का लाभ मिलेगा गरीबों को उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाएं बाजार से कम कीमत पर देने के उद्देश्य से शुरू की गई केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से लोगों को काफी फायदा हो रहा है इस योजना से प्रदेश में लाखों गरीब मरीजों को सस्ती दवाएं मिल रही है पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम के तहत उत्तर प्रेदश में खोले गये सात सौ से ज्यादा जन औषधि केन्द्रों पर गरीबों को सस्ते दामों पर दवाईयां दी जा रही हैं प्रदेश के मऊ ज़िले में ख़ुले जन औषधि केन्द्र दवा लेने आये माधव दास पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि उन्हें यहां बाजार से काफी कम दामों पर जरूरी दवायें मिल जाती हैं जिससे उनका खर्च बचता है

टाइम से खुलता है टाइम से बंद होता है इन लोगों का व्यवहार अच्छा है पेसेंट से अच्छा व्यवहार करते हैं मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जन औषधि कोन्द्रों से न केवल गरीबों को सस्ती दवाईयां मिल रही हैं बल्कि इन कोन्दों को चलाने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है मऊ के एक जन औषधि केन्द्र को चलाने वाले सोनू सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस स्टोर को खोलने के बाद उन्हें भी काफी फायदा हुआ है

इस केन्द्र के खुलने से हमको भी रोजगार प्राप्त हुआ है इसक लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं मऊ ज़िले में इस स्कीम के तहत ग्यारह जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं और अगले कुछ महीनों के भीतर कई केन्द्र और खोले जाने हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ अमराहा जिले में लोगों को मिलने लगा है ज़िले के पहले लाभार्थी से आज कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने रजबप्र स्थित एक निजी अस्पताल में मूलाकात की लाभार्थी ने बताया कि उसे छह साल पूर्व गंभीर चोट लगी थी लेकिन निर्धनता के कारण वह ठीक से इलाज नहीं करा पा रहा था लकिन अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह योजना आम जनता के लिए लाभकारी साबित हो रही है जो निर्धन लोग पैसे की कमी से इलाज नहीं करा पा रहे थे अब उन्हें निःशुल्क बेहतर इलाज मिलने लगा है